गृह मंत्रालय ने राहल गांधी से इस संबंध में तथ्यात्मक सूचना देने को कहा है उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया गया है सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत में कहा है कि दो हजार तीन में ब्रिटेन में बेकॉप्स लिमिटेड नामक कंपनी पंजीकृत है और राहुल गांधी इस कंपनी में निदेशक और सचिव हैं उन्होंने बताया कि कंपनी का वार्षिक आय व्यय का विवरण दो हजार पांच और दो हजार छः में दाखिल किया गया जिसमें राहल गांधी को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी से नागरिकता की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है आज नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहल गांधी ने खूद भ्रम की स्थिति पैदा की है और देष स्पश्टीकरण चाहता है लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण की संसदीय सीटों के लिये भी चुनाव प्रचार चरम पर है आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याषी के पक्ष में चुनावी सभायें कर वोट मांगे भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बहराइच में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि पूरा देष चाहता है कि भारत एक महाषक्ति बने और भारत को मजबूत बनाने के लिये सरकार भी मजबूत होनी चाहिये कोई कमजोर सरकार भारत को महाषक्ति नही बना सकती प्रधानमंत्री मोदी ने बाराबंकी में भी एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी के धौरहरा संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याषी के समर्थन में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि जनता एक बार फिर भारी बहुमत से नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेष यादव ने बांदा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि अब महापरिवर्तन का समय है गठबंधन की सरकार समय की मांग है उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा बहजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक ट्वीट में कहा है कि सरकारी मषीनरी के दुरूपयोग के मामले में कॉग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक जैसी है पांचवें चरण में प्रदेष की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौषाम्बी बाराबकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा षामिल हैं इस चरण के लिये मतदान छः मई को होगा लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है कॉग्रेस के प्रदेष अध्यक्ष ने इस चरण की संतकबीरनगर संसदीय सीट के महुली कस्बे में आयोजित एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में अर्थव्यवस्था चर्मरा गयी है पूरे देष में त्राहि त्राहि मची हुयी है इस चरण की चौदह सीटों के लिये एक सौ चौहत्तर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं छठें चरण का मतदान आगामी बारह मई को सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में योट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आज़मगढ़ जौनपुर मछलीषहर सुरक्षित सीट और भदोही षामिल हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया कल पूरी हो गयी आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है दो मई तक प्रत्याषी अपना नाम वापस ले सकेंगे

सातवें चरण में प्रदेष की जिन तेरह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं उनके नाम हैं महराजगंज गोरखपुर कुषीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबट्सगंज समाजवादी पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याषी बदल दिया है पार्टी ने कल इसकी औपचारिक घोशणा करते हुए बताया कि पूर्व सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज बहादुर यादव को सपा बसपा गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के वरिश्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में हैं इससे पहले सपा ने षालिनी यादव को इस सीट से मैदान में उतारा था सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि विकासशील देशों में अनेक सार्थक कार्य किये जा रहे है लेकिन मीडिया में उनकों कवर नही किया जा रहा कल नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान आई आई एम सी में विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी खबरों को भी महत्व दिया जाना चाहिए प्रदेष के सभी जिलों में इस समय भीशण गर्मी पड़ रही है तेज धूप और लू के चलने से लोगों का जन जीवन प्रभावित हो रहा है ज्यादातर जिलों का तापमान चालिस से पैंतालिस डिग्री सेल्सियस के बीच पहंच गया है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नही है मौसम साफ और षुश्क रहेगा तापमान में वृद्धि बनी रहेगी